कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और स्दृढ़ करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों की वर्च्अल बैठक के द्रसरे दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात कही

इन राज्यों में महाराष्ट्र दिल्ली और तमिलनाड् जैसे राज्य शामिल हैं श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना संक्रमण को कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए महामारी की रोकथाम में परीक्षण और रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के महत्व पर जोर देते हए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे और अधिक संख्या में परीक्षण केन्द्र बनाने के प्रयास करें प्रधानमंत्री ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का आहवान किया कि वे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य स्विधाएं उपलब्ध कराने के लिए टेली मेडिसिन स्विधा के ब्नियादी ढांचे का विकास करें उन्होंने भारत को कोरोना वायरस के बाद सामान्य स्थिति में लाने के लिए एनजीओ और निजी क्षेत्र समेत सभी संगठनों से एकजुट होकर और अधिक प्रयास करने का भी आग्रह किया

एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं सोमवार रात इस क्षेत्र में दोनों पक्षों में झड़प ह्ई थी इस झड़प में एक अधिकारी और दो सैनिक शहीद हो गए थे

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति की जानकारी दी

म्ख्यमंत्री के साथ म्लाकात के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल संगवान ने बताया कि तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में विशेष रुप से सहायता उपलब्ध कराई है जिनमें आवश्यक सामानों की आपूर्ति भी शामिल है उन्होंने कहा कि असम राईफल्स राज्य में शिक्षा और खेलक्द के विकास में सहयोग देने के लिए तत्पर है म्ख्यमंत्री ने किसी भी संकट में सेना द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया म्लाकात के दौरान असम राईफल्स के ब्रिगेडियर तपन लाल शाह और कर्नल राजेश सिंह भी उपस्थित थे

तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के चीफ मेडिकल स्परिटेंडेंट हागे अंबिंग ने बताया कि राज्य में अबतक कोविड पॉजिटिव के सभी मामले एसिम्टोमेटिक यानि बिना किसी लक्षण के है और उनका प्रभावी इलाज किया जा रहा है

जिले के शहरी विकास पी डब्ल् डी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हए उप म्ख्यमंत्री ने नामसाई जिले के सर्वागीण विकास के लिए एक दूसरे विभाग के साथ तालमैल बनाकर काम करने का आहवान किया उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि एक अच्छी कार्य संस्कृति के साथ कार्य करने के लिए जरुरी है विभाग के सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें

इस दो दिवसीय वेबनार के पहले दिन शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपना विचार रखा